आंदोलनकारी किसानों से वार्ता के लिए आगे आने का अपील की

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जबाव देते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा के साथ साथ केंद्र सरकार किसानों का सम्मान करती है और यही कारण है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं

बातचीत में किसानों की शंकायें क्या हैं यो दूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में कृषि से संबंधित कानून पारित किए जाने के बाद भी कोई भी मंडी बंद नहीं हुई है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बना हुआ है

अगर कोई निर्नय करते हैं तो किसानों के लिये है लेकिन हम इंतजार करते हैं अभी भी हम इंतजार करते है यो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर यो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है

कानून लागू होने के बाद ना देरा में कोई मंडी बंद हुई है ना कहीं एमएसपी बंद हुआ है इतना ही नहीं एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और यह कानून नये बनने के बाद बढ़ी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड बाद की एक नई विश्व व्यवस्था को आकार दिया जा रहा है और यह भारत के लोगों को तय करना है कि वे इस नई व्यवस्था को बनाने का नेतृत्व करना चाहते हैं या नहीं

जिस भावनाओं को लेकर जिस संस्कार को लेकर के पेद से विपेकानन्द तक हम पते बढ़े हैं दो है सर्वे भवन्तु सुखिनरू ये सर्वे भवन्तु सुखिनरू सर्वे सन्तु निरामया ये कोरोना कालखंड में भारत ने इसको कर के दिखाया है श्री मोदी ने भरोसा जताया कि कोविड के बाद उभर रहे नये वैश्विक परिदृश्य में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प देश को नेतृत्वकर्त्ता के रूप में प्रतिष्ठित करेगा

आज फार्मेसी में हम आत्मनिर्मर हैं हम दूनिया के कल्याण के काम आते हैं भारत जितना आत्मनिर्मर बनेगा यो जितना सामर्थयवान होगा मानव जाति के कल्याण के लिये विश्व के कल्याण के लिये एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा और इसलिये हमारे लिये आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर भारत इस विचार को बल दें राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस संक्रमण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में नये दिशा निर्देश जारी किये हैं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला प्रशासन को आदेश निर्गत कर दिया गया है उन्होंने बताया कि अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित कर वहां सीमित अवधि का लॉकडाउन लगाया जायेगा इस दौरान अनिवार्य सेवाओं में छूट रहेगी नये दिशा निर्देशों के अनुसार सब्जी मंडी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नियंत्रित करने के उपाय किये जायेंगे अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि जब तक अतिआवश्यक न हो तब तक ऐसे किसी उत्सव या आयोजन की अनुमति नहीं दी जाए जहां अधिक लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है बिहार लगातार दूसरे सप्ताह कोविड टीकाकरण के मामले में देश भर में पहले स्थान पर बना हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्य में अब तक लक्ष्य का उनासी दशमलव चार प्रतिशत टीकाकरण किया जा चुका है प्रदेश में अब तक चार लाख उनतीस हजार सात सौ साठ लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं कल तेरह हजार छह सौ दो लोगों का टीकाकरण हुआ जिसमें एक हजार छह सौ इक्यानवे स्वास्थ्यकर्मी और ग्यारह हजार नौ सौ ग्यारह अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह ने उन अफवाहों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि परिवार का एक सदस्य यदि कोविड वैक्सीन लगवा लेता है तो अन्य सदस्यों को वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं होगी

एक दिन में साठ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख उनसठ हजार दो सौ चौंतीस हो गई है वहीं इसी अवधि में चौंसठ नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख इकसठ हजार पांच सौ ग्यारह हो गया है पटना में पिछले नौ महीने के बाद दस से कम कोरोना संक्रमित मिले हैं कल पटना से नौ मामलों की पुष्टि हुई वहीं पिछले चौबीस घंटे में दो व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ बीस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या सात सौ छप्पन है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोविड को देखते हुए दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि परीक्षार्थियों के साथ साथ केन्द्र पर मौजूद हर कर्मचारी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा सभी परीक्षार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी परीक्षा हॉल के अंदर बैठने में सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन किया जायेगा उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्र पर साबुन सेनेटाइजर और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी श्री भारद्वाज ने कहा कि हर केन्द्र पर एक आइसोलेशन कक्ष भी बनाया जायेगा जिसमें उन छात्रों की परीक्षा ली जायेगी जिनके शरीर का तापमान मानक से अधिक होगा या उनमें सर्दी खांसी के लक्षण होंगे सासाराम के शिवसागर से औरंगाबाद तक राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या दो पर पिछले अड़तालीस घंटों से भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है जाम का दायरा पैंसठ किलोमीटर से अधिक बताया जाता है इससे कैमूर रोहतास और औरंगाबाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश झारखंड और पश्चिम बंगाल तक आवागमन व्यवस्था प्रभावित हुई है जाम के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि डिहरी स्थित जवाहर सेतु के एक लेन पर मरम्मत का काम चल रहा है जिस कारण जाम की स्थिति बनी हुई है उन्होंने बताया कि जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर जाम हटाने की कार्रवाई जारी है

कार्यभार संभालने के बाद उद्योग मंत्री शाहनवाज हसैन ने कहा कि बिहार में बाहर से उद्योग के लिए निवेश लाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी उन्होंने कहा कि उद्योपतियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि सरकार की योजनाओं से एक भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे वहीं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने पदभार संभालने के बाद अधिकारियों को योजनाओं का आकलन कर उसे गतिशील बनाने का निर्देश दिया ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली मिशन का बेहतर कार्यान्वयन उनकी प्राथमिकता होगी जिन अन्य मंत्रियों ने कार्यभार संभाला है उनमें पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी खनन और भूतत्व मंत्री जनक राम गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमां खान ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज विज्ञान और प्रावैधिकी मंत्री सुमित सिंह और कला संस्कृति तथा युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन शामिल हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने संघ के स्वयंसेवकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की अपील की है पटना में दक्षिण बिहार प्रांत कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के साथ साथ प्लास्टिक के उपयोग पर अंक्श लगाने के लिए स्वयंसेवकों से आगे आने को कहा प्रदेश के सभी ब्लड बैंक अब ऑनलाईन होंगे राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि ब्लड बैंक के एक नेटवर्क से जुड़ जाने से रक्त की उपलब्धता की लोगों को जानकारी एक जगह उपलब्ध हो सकेगी शिक्षा विभाग ने माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रस्तकालयाध्यक्षों को मिलने वाले अवैतनिक अध्ययन अवकाश के बारे में नये दिशा निर्देश जारी किये हैं इन दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम तीन साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद ही अब अवैतनिक अध्ययन अवकाश मिलेगा सेवा अवधि के दौरान अधिकतम तीन वर्ष के लिए ही अध्ययन अवकाश दिया जायेगा जारी आदेश में कहा गया है कि बीएड करने के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा साथ ही यह सुविधा उन्हीं शिक्षकों को मिलेगी जिन पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हुई हो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने मध्यमा परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है परीक्षा तीन मार्च से शुरू होकर छह मार्च तक चलेगी इस बार शैक्षणिक सत्र दो हजार उन्नीस बीस और दो हजार बीस इक्कीस की परीक्षाएं एक साथ हो रही हैं इंटरमीडिएट परीक्षा के नौवें दिन कल कदाचार के आरोप में छह परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया दरभंगा में पिछले दिनों एक आभूषण दुकान से सोना लूट मामले में पुलिस ने समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय से एक अपराधी को एक किलो दो सौ सत्तासी ग्राम सोने के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत बोगी पंचायत में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने ढाई एकड़ जमीन में लगी अफीम की फसल नष्ट कर दी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमूखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है प्रधानमंत्री ने कहा नये कृषि कानून किसी के लिए बंधन नहीं विकल्प हैं विरोध का कोई कारण नहीं है हिन्दुस्तान ने एडीआर की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है बिहार के तिरानवे फीसदी मंत्री करोड़पति दैनिक जागरण की सुर्खी है फास्टैग में अब न्यूनतम बैलेंस का झंझट खत्म प्रभात खबर ने लिखा है किसान का अठारह फरवरी को चार घंटे तक रेल रोको अभियान राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

आंदोलनकारी किसानों से वार्ता के लिए आगे आने का अपील की